केंद्र सरकार ने राज्य में चार मेडिकल कॉलेज के प्रस्ताव को किया रद्द

मंत्रालय के अनुसार निजी प्रस्ताव के अंतर्गत मधुबनी मेडिकल कॉलेज श्रीनारायण मेडिकल इंस्टीच्यूट सहरसा और जेएम मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल तुर्की मुजफ्फरपुर जबकि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मधेपुरा को मान्यता नहीं दिया दी गयी है इन कॉलेजों में एमबीबीएस की पढ़ाई के लिये जरूरी सुविधा नहीं मिली है एटीएम और चेकब्क से पैसे निकालने पर नागरिकों को जीएसटी नहीं देना पड़ेगा हालांकि क्रेडिट कार्ड बिल के बकाये भूगतान पर लगा विलंब शुल्क और अनिवासी भारतीयों की ओर से बीमा की खरीद पर लगने वाला जीएसटी जारी रहेगा राजस्व विभाग ने इस संबंध में दिशा निर्देश जारी किया है उधर आरबीआई उपभोक्ताओं को सुरक्षित लेनदेन की जानकारी देने के लिये आज से वित्तीय साक्षरता सप्ताह शुरू कर रहा है इसमें सुरक्षित और सही तरीके से बैंकिंग सेवाओं का लाभ लेने की जानकारी दी जायेगी केंद्रीय आवासन और शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने निर्माण क्षेत्र में काम कर रहे लोगों के प्रशिक्षण और कौशल विकास पर बल दिया है श्री पुरी ने कहा कि स्मार्ट शहरों के लिए मजबूत परिवहन प्रणाली महत्वपूर्ण है वे पर्यावरण अनुकूल शहरी विकास की कार्य योजना तय करने के लिए संबंधित पक्षों की बैठक को संबोधित कर रहे थे आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार श्री पुरी ने कहा कि भारत स्थायी विकास का लक्ष्य प्राप्त करने में सफल रहेगा प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी शशि शेखर वेम्पति ने कहा है कि क्षेत्रीय भाषाओं और बोलियों में पत्रकारिता का भविष्य उज्ज्वल है नयी दिल्ली में एक समारोह को संबोधित करते हुए श्री वेम्पति ने कहा कि देश के दूरदराज के इलाकों में क्षेत्रीय भाषाओं में महत्वपूर्ण पत्रकारिता की जा रही है उन्होंने कहा कि यह बड़ा चुनौतीपूर्ण कार्य है क्योंकि खबरों का पता लगाने के प्रयास में उन्हें माफिया और अपराधियों से मिलने वाली धमकियों का सामना करना पड़ता है श्री वेम्पति ने कहा कि इंटरनेट के प्रसार के साथ डिजिटल मीडिया पत्रकारिता का भविष्य बन गया है उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि मेडिकल कॉलेजों में आई बैंक खोले जायेंगे उन्होंने कहा कि अभी केवल आईजीआईएमएस में ही आई बैंक काम कर रहा है लेकिन अब अन्य सात मेडिकल कॉलेजों में भी आई बैंक की स्थापना की जा रही है कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने कहा है कि सरकार जैविक खेती के लिये किसानों को अनुदान देगी उन्होंने कहा कि जैविक खेती के उत्पाद की बेहतर विपनण व्यवस्था की जायेगी कृषि मंत्री ने कहा कि राज्य में किसानों को इस बार खरीफ फसल की ब्रआई के पहले ही खेती से जुड़ी सभी जानकारियां पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है उन्होंने कहा कि किसानों की बेहतरी के लिये केंद्रीय बजट में चार गुना राशि की बढ़ोतरी की गयी है आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत बिमित लोगों के लिये स्थानीय स्तर पर प्राथमिक इलाज के लिये प्रत्येक पंखड में एक स्वास्थ्य केंद्र को वेलनेस सेंटर के रूप में तब्दील किया जा रहा है इन केंद्रों पर एक अनुभवी नर्स और आयुष चिकित्सक की तैनाती की जायेगी इन वेलनेस केंद्रों पर सुगर हाइपर टेंशन ब्लड प्रेशर कैंसर जैसे रोगों की प्राथमिक जांच की जायेगी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय दवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिये सजा का प्रावधान करेगी मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि दवा की गुणवत्ता मानकों के अनुसार नहीं मिलने पर तीन से पांच साल और दवा के नकली पाये जाने पर उम्रकैद की सजा का प्रावधान किया गया है रेलमंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि ट्रेने अगर देरी से चलेगी तो अधिकारियों को प्रोन्नति नहीं मिलेगी उन्होंने रेल के जोनल प्रमुखों को इन सेवाओं में सुधार लाने के लिये एक महीने का समय दिया है श्री गोयल ने कहा कि रेल सेवाओं में देरी के लिये अधिकारी रख रखाब के काम का बहाना नहीं बना सकते एसटीएफ ने उत्तर बिहार के कुख्यात नक्सली दिलीप सहनी को गिरफ्तार कर लिया है एसटीएफ ने दिलीप सहनी की गिरफ्तारी की पुष्टि करते हुये कहा है कि उस पर वैशाली मुजफ्फरपुर पूर्वी चंपारण के थानों में आपराधिक मामलें दर्ज हैं पूर्वी चंपारण के सिकहरना अनुमंडल क्षेत्र में लाल बकेया नदी का जलस्तर अचानक बढ़ जाने से फुलवरियाघाट पर बना डायवर्सन बह गया है इसके कारण मोतिहारी का सीतामढ़ी के बैरगनिया से सड़क संपर्क टूट गया है आसपास के दर्जनों प्रखण्ड के लोगों को आनेजाने के लिये नाव का सहारा लेना पड़ रहा है वहीं मुजफ्फरपुर जिले के औराई प्रखण्ड में बागमती नदी में अचानक चार फीट पानी बढ़ जाने से अतरार वभनगांव और मधुबन प्रताप में स्थित पुल पर दवाब बढ़ गया है राज्य में मानसून के देर से आने की संभावना है भारतीय मौसम विभाग के बिहार चैप्टर के सचिव डॉक्टर पार्थ प्रधान सारथी ने बताया कि बंगाल की खाड़ी क्षेत्र में स्थिति तेजी से बदली है इससे प्रदेश में मानसून के पहले के पूर्वानुमानों में अंतर आने की आशंका है उन्होंने कहा कि बंगाल की ओर से पूर्वा हवा में आ रही नमी के कारण राजधानी पटना सहित राज्य के अन्य हिस्सों में बारिश के लक्षण बने हैं वातावरण में मौजूद नमी से विशेष गर्मी निकल रही है जिसके कारण तेजी से क्यूमलो निंबस बादल बन रहे हैं श्री सारथी ने बताया कि पहले दस से ग्यारह जून तक राज्य में मानसून के प्रवेश करने की संभावना थी लेकिन अब यह तेरह या चौदह जून को आ सकता है

तेज हवा चलने का भी अनुमान है देशभर के दिव्यांग खिलाड़ियों के लिये भी फिजिकल एजुकेशन की शुरूआत होगी नई दिल्ली में दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम दो हजार सोलह के क्रियान्वयन के लिये राज्यों के निशक्तता आयुक्त की बैठक में इस प्रस्ताव पर चर्चा की गयी पूर्णिया के डीएसए ग्राउंड पर खेले गये रणधीर वर्मा अंडर नाईंटीन क्रिकेट प्रतियोगिता के एक मुकाबले में मध्रबनी ने सहरसा को पांच विकेट से हरा दिया इस जीत के साथ ही मधुबनी अगले दौर में प्रवेश कर गया है भुवनेश्वर में छह से दस जून तक होने वाली इक्कीसवीं राष्ट्रीय सब जूनियर सेपकटाकरा चैंपियनशिप के लिये बिहार टीम की घोषणा कर दी गयी है स्नेहा वर्मा को बालिका जबकि वरूण कुमार को बालक टीम का कप्तान बनाया गया है पंद्रह से अठारह जून तक पटना के यंग मेन्स इंस्टीच्यूट में प्रथम बिहार राज्य रैंकिंग टेबल टेनिस प्रतियोगिता का आयोजन किया जायेगा बक्सर जिले के अलग अलग गांवों में आंधी पानी के दौरान वज्रपात से दो बच्चों और एक किशोर की मौत हो गयी मुंगेर जिले में पुलिस ने छियालीस लाख रूपये नकद आठ लाख से अधिक का प्रतिबंधित लॉटरी का टिकट और एक लैपटॉप के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है राजधानी पटना में स्थित संजय गांधी जैविक उद्यान चिड़ियाघर में कल से प्लास्टिक का प्रवेश पूरी तरह बंद कर दिया गया है उद्यान प्रशासन ने कहा है कि चिड़ियाघर में आने वाले दर्शक किसी प्रकार के प्लास्टिक बैग बोतल और प्लास्टिक के अन्य समान लेकर प्रवेश नहीं कर सकेंगे अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनाया है हिन्दुस्तान की सुर्खी है बिहार में जदयू बड़े भाई की भूमिका में रहेगा दैनिक जागरण ने जदयू चाहता है राजग बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़े लोकसभा चुनाव को बड़ी खबर बनाया है दैनिक भास्कर ने पाकिस्तान की ओर से की गयी गोलीबारी को खबर बनाते हुये शीर्षक दिया है पाक ने दस चौकियों पैंतीस गांवों पर गोले दागे दो जवान शहीद प्रभात खबर ने ऑनलाइन वेटिंग टिकट पर अब कर सकेंगे ट्रेन में सफर को बड़ी खबर बनाया है इसके साथ ही अखबारों ने कुछ अन्य खबरों को भी पहले पन्ने पर जगह दी है हिन्दुस्तान ने नौसेना ने यमन में फंसे अड़तीस भारतीयों को निकाला प्रभात खबर ने पानी बचाने को ग्रामीणों ने खुद लगाया बोरिंग पर बैन और दवा उत्पाद के लिये जारी होगा नया प्राईस इंडेक्स दैनिक जागरण ने यूपीएससी की परीक्षा में आधे से अधिक परीक्षार्थी अनुपस्थित की खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है और अब अंत में मुख्य समाचार केंद्र सरकार ने राज्य में चार मेडिकल कॉलेज के प्रस्ताव को किया रद्द